मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी में प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आई अंतर मंत्रालय केन्द्रीय टीम के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी

मंत्रिमण्डल के सदस्य महेन्द्र सिंह अनिल शर्मा गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे केन्द्रीय दल प्रदेश में मॉनसून के दौरान हुए नुकसान के आंकलन के लिए केन्द्र सरकार का उच्च स्तरीय दल इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है लाहौल स्पिति और कुल्लू जिलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दल ने कुल्लू में अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान के संबंध में रिपोर्ट तलब की कुल्लू और लाहौल स्पिति के उपायुक्तों ने अपने अपने जिलों में हुए नुकसान के संबंध में केन्द्रीय दल को रिपोर्ट सौंपी इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल ने कुल्लू और मनाली के अनेक क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया सुरेश भारद्वाज सोलन में एशिया का पहला तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खुल गया है इस केन्द्र में बच्चों को तनाव रहित रहने और सही जीवन यापन करने की शिक्षा प्रदान की जाएगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सोलन के एक निजी शिक्षण संस्थान में इस केन्द्र का शुभारम्भ किया इस केन्द्र में योग सहित अन्य विधाओं के माध्यम से बच्चों को तनाव से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं का नशे की ओर रूझान बढ़ रहा है और वे आत्म हत्या जैसे खतरनाक कदम उठा रहे हैं उन्होने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में स्कूलों में भी ऐसी सुविधा प्रदान करेगी ताकि बच्चों को सही तरीके से जिन्दगी जिने की शिक्षा दी जा सके गोविंद ठाक्र वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग का कार्य तेजी से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्ग की तुरन्त मुरम्मत करने को भी कहा है उल्लेखनीय है कि कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग सितम्बर में भारी बर्फबारी के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था और बड़े वाहनों की आवाजाही में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं गोविंद ठाकुर ने सड़क निर्माण से जुड़ी कम्पनी को उच्च मार्ग को चौड़ा करने से स्थानीय लोगों की सम्पति को हुए नुकसान की भरपाई जल्द करने के निर्देश भी दिए किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं चम्बा में आज अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं किशन कपूर ने कहा कि लोगों को सरकारी डिपुओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण राशन दिया जा रहा है आयुष्मान भारत सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का आज शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जाकर जायजा लिया उन्होंने योजना के तहत ईलाज करवा रहे मरीजों से भी फीडबैक ली

उन्होंने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने अपने करीब साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और विकास के दम पर ही भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगी सहकारिता उद्योगमंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश के विकास में सहकारी सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और ये सभाएं उत्कृष्ठ कार्य कर रही हैं

उन्होंने इस मौके सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया और लोगों की समस्याएं भी सुनीं भारत दर्शन सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मैरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा का हमीरपुर जिला भाजपा युवा मोर्चा इकाई ने स्वागत किया है

नमस्कार